मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुन्देलखण्ड की पेयजल समस्या के समाधान के लिए महाराष्ट्र की तर्ज पर सुजलाम सुफलाम प्रोजेक्ट पर कार्य करने के दिये निर्देश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश में कारोबार को आसान बनाने के लिए कई उपाय किये है कल देहरादून में पहले उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है उन्होंने कहा कि सरकार ने कर व्यवस्था में सुधार किया है ताकि वह अधिक आसान और पारदर्शी बन सके आज करोबार आसान हुआ है बैंकिंग सिस्टम को भी ताकत मिली है जीएसटी के तौर पर भारत ने स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफ्रोम किया है जीएसटी ने देश को सिंगल मार्केट में बदल दिया है और टैक्स वेल्थ बढ़ाने में भी बहत बड़ी मदद की है हमारा इंफ्रास्टक्चर सेक्टर भी रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि दीवाला और शोघन अक्षमता संहिता के कारण अब कारोबार करना अधिक आसान हो गया है और बैंकिंग प्रणाली भी मजबूत हुई है उन्होंने यह भी कहा कि देश का राजकोषीय घाटा कम हुआ है श्री मोदी ने कहा कि सरकार चार सौ रेलवे स्टेशनों के आध्निकीकरण और सौ नये हवाई अड्डे तथा हेलीपैड बनाने की दिशा में अग्रसर है प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के कारण चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश के अवसर काफी बढ़े हैं कुल मिलाकर देखें तो आज ये कहा जा सकता है कि चौतरफा परिवर्तन के इस दौर में देश विदेश के निवेशकों के लिए भारत में सर्वोत्तम माहौल बना हुआ है अमी हाल ही में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना की वजह से भी मेडिकल सेक्टर में निवेश की बहुत बड़ी संभावना बढ़ी है श्री मोदी ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के मामले में देश की स्थिति बहत अच्छी है उन्हॉने सबसे कृषि में अधिक निवेश करने की अपील की उत्तराखंड का भविष्य स्वर्णिम है मैं आप सभी से एग्री कल्वर में एग्री बिजनेस में निवेश और बनाने का विशेष आग्रह करूंगा एग्री कल्वर में होने वाला वेल्यूवेडिशन किसानों की आय को बढ़ाने में अहम भूमिका निमाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार तीस तक हमारी चालीस प्रतिशत ऊर्जा गैर जीवाष्मीय ईंघन से प्राप्त होगी और वर्ष दो हजार बाइस तक एक सौ पछत्तर गीगावॉट हरित ऊर्जा का उत्पादन होने लगेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा मंत्र एक विश्व एक सूर्य और एक ग्रिड का है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार बुन्देलखण्ड की पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अभी से आवश्यक कदम उठाने हॉगें श्री योगी ने कल लखनऊ में अपने आवास पर बुन्देलखण्ड में पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण को देखते हुए यह बात कही श्री योगी ने कहा कि गंगा और यमुना नदी की अविरलता बनाये रखने तथा इनमें प्रचुर मात्रा में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन पर जल आपूर्ति के लिए निर्मरता कम करनी होगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा छः विल्प्तप्राय नदियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया जा रहा है

यह से देश में दस बारह जिलों में सिमट कर रहा गया है

म अनुसंघान के माध्यम से रोग पर विजय प्राप्त करने के लिये प्रयास कर रहे हैं

महोत्सव में एक साथ प्राथमिक उपचार दिये जाने की टेनिंग लेकर गिनीज बक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड अपने नाम कर लिया इससे पहले महोत्सव में पौंच सी पचास विद्यार्थियों ने केले के डीएनए को इकसठ मिनट में अलग कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड अपने नाम किया था